मंदसौर जिले के सुभासरा से दूसरी बार विधायक चुने गये श्री डंग ने अपना इस्तीफा कल विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति और मुख्यमंत्री कमलनाथ को भेज दिया है विधायक श्री डंग ने आरोप लगाया है कि वे अपने क्षेत्र की अनदेखी से दुखी है

जबकि इसे लेकर वे पहले ही अपनी बात रख चूके हैं विधायक के इस्तीफ से उत्पन्न स्थिति पर विचार विमर्श के लिए मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कल देर रात तक अपने निवास पर मंत्रियों के साथ विचार विमर्श किया इस दौरान कुछ असंतृष्ट भाजपा विधायकों के भी मुख्यमंत्री से मिलने की खबर है इधर कांग्रेस के ही वरिष्ठ विधायक बिसाहूलाल सिंह के लापता होने की रिपोर्ट उनके परिजनों ने भोपाल स्थित टीटी नगर थाने में दर्ज कराई है कोरोना कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए प्रदेश में भी सतर्कता बढ़ा दी है और सभी विदेशी पर्यटकों की स्वास्थ्य जांच के निर्देश दिये गये है मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कल एक बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे इसकी रोकथॉम के लिए केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन कराये और इस वायरस से सावधानी के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया जाये उन्होंने कहा कि प्रदेश सभी राष्ट्रीय उद्यानों में आने वाले विदेशी पर्यटकों की स्वास्थ्य जांच की जाये बैठक में बताया गया कि प्रदेश में कोरोना वायरस का अभी तक कोई भी पॉजीटिव प्रकरण नहीं पाया गया है सड़क निर्माण मुख्यमंत्री कमल नाथ ने बीओटी के तहत बनने वाली सड़कों के निर्माण की ग्णवत्ता और उनके रख रखाव की निगरानी रखने को कहा है उन्होंने कहा कि गड़बड़ी पाए जाने पर तत्काल सख्त कार्रवाई की जाए मुख्यमंत्री ने यह निर्देश कल भोपाल में आयोजित राज्य सड़क विकास निगम की संचालक मंडल की बैठक में दिए

लोक निर्माण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा भी उपस्थित थे

नगरीय विकास मंत्री जयवर्द्धन सिंह और जनसम्पर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कल इसके प्रारूप का लोकार्पण किया

इस प्रारूप में राजधानी की प्राकृतिक सुंदरता और जल संरचनाओं को सूरक्षित और संवर्धित करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है

जबकि विवेक जौहरी को नया पुलिस महानिदेशक बनाया गया है राज्य शासन ने इन नियुक्तियों के आदेश जारी कर दिये हैं श्री रेड़डी वर्तमान में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष तथा अपर मुख्य सचिव जल संसाधन है वे इस माह सेवानिवृत्त हो रहे मुख्य सचिव एसआर मोहंती का स्थान लेंगे वहीं प्रदेश पुलिस के नये मुखिया बनाये गये विवेक जौहरी बीकेसिंह का स्थान लेंगे नमस्ते ओरछा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ओरछा में आज से नमस्ते ओरछा महोत्सव की शुरूआत होगी

संस्कृति मंत्री डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधौ भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगी

रेल रेल प्रशासन ने इंदौर से चलकर जबलपुर तक जाने वाली ओवर नाइट एक्सप्रेस की समय सारिणी में संशोधन किया है

जिसके जरिए हेडपंप और नलजल योजना के संचालन का कार्य किया जायेगा

जिसमें मरीजों के स्वास्थ्य जांच के साथ ही उन्हें औषधियों का वितरण भी किया जायेगा

इसके लिए अलग अलग क्षेत्रों में अधिकारियों को तैनात किया जा रहा है